प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र शिमला में आरंभ विपक्षी कांग्रेस ने सदन से किया वॉकआउट मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने माफिया के खिलाफ सरकार की प्रतिबद्वता जताई मौसम लगातार तीन दिनों तक चली वर्षा के बाद प्रदेश में आज मौसम में क्छ सुधार हुआ है हालांकि राज्य के अधिकांश भागों में आज भी रूक रूक कर वर्षा का कम जारी रहा प्रदेश में भूस्खलन से अवरूद्ध सड़कों को खोलने का कार्य युद्धस्तर पर जारी है

उन्होंने आज बाढ़ से प्रभावित काजा ताबो समदो सड़क का जायजा भी लिया मारकंडा ने कहा कि सड़क खुलते ही अधिकारी किसानों की फसलों को हुए नुकसान का आकलन करेंगे और इसकी रिपोर्ट सरकार को सौंपी जाएगी

इधर राजधानी शिमला व इसके आसपास के इलाकों में दोपहर बाद से रूक रूक कर वर्षा हो रही है

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश में भारी बारिश से हुए नुकसान का जायजा लिया और सभी उपायुक्तों को जरूरी दिशा निर्देश दिए

जयराम ठाकुर ने कहा कि कई स्थानों पर पर्यटक व स्थानीय लोग फंसे हैं और अगर जरूरत पड़ी तो हैलिकॉप्टर सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी मुख्यमंत्री ने कहा कि भूस्खलन के कारण फंसे लोग पूरी तरह सुरक्षित है

उन्होंने दिवंगत लोगों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है राज्यपाल ने कहा कि सरकार व प्रशासन द्वारा प्रभावित क्षेत्रों में सड़क बिजली और पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाओं की बहाली के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं अनुराग इस बीच केन्द्रीय वित्त व कॉरपोरेट मामले राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी प्रदेश में भारी वर्षा से हुए नुकसान पर चिंता जताई है उन्होंने राज्य सरकार से पीड़ितों की यथासंभव सहायता करने और हालात को जल्द सामान्य बनाने की अपील की है अनुराग ठाकुर ने लोगों से भी एहतियात बरतने का आग्रह किया है

सत्र के आरंभ में सदन में पूर्व दिवंगत सदस्यों को श्रद्वांजलि दी गई बाद में सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी कांग्रेस के सदस्यों ने विधायक सतपाल रायजादा के स्टाफ से जुड़े मामले को सदन में उठाया

विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल द्वारा इसे खारिज किए जाने के विरोध में कांग्रेसी सदस्य नारेबाजी करने लगे राजीव बिंदल ने सदस्यों से अपनी सीट पर जाने का आग्रह किया मगर वे नहीं माने

बाद में सदन की कार्यवाही दोबारा शुरू होते ही विपक्ष ने अपनी मांग पर फिर हंगामा करते हुए सदन से वॉकआउट किया सदन के नेता व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने विपक्ष के इस रवैये की आलोचना करते हुए कहा कि पूरा विपक्ष माफिया को संरक्षण दे रहा है

सरकार की तरफ से माफिया के खिलाफ कार्रवाई की गई है विधायक के खिलाफ नहीं उन्होंने विपक्ष पर कटाक्ष करते हुए कहा कि विपक्षी विधायकों की इसी हरकत को देखते हुए प्रदेश की जनता ने उन्हें सत्ता से बेदखल किया है इससे पहले सदन में कांग्रेस सदस्यों के भारी शोरगुल के बीच संसदीय कार्यमंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि विपक्ष के सदस्य बिना नियमों के तहत सदन में मामला नहीं उठा सकते उन्होंने विपक्ष पर माफिया राज को प्रोत्साहित करने का आरोप भी लगाया

माफिया के विरूद्व सख्त कार्रवाई की जा रही है उन्होंने विपक्ष के भारी शोरगुल के बीच सदन में एक वक्तव्य में कहा कि राज्य सरकार जहां माफिया को समाप्त करने में लगी है वहीं समूचा विपक्ष उन्हें संरक्षण दे रहा है

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पूरे मामले की जांच की जा रही है

गोविंद ठाक्र ने कहा कि वर्तमान भाजपा सरकार के सत्ता में आने के बाद इस मामले को आगे बढ़ाया और हाल ही में केन्द्र सरकार की वॉटर बेस अथॉरिटी के एक विशेषज्ञ ने कोलडैम का दौरा किया और कोलडैम सहित राज्य के बड़े बांधों को जल यातायात के लिए उपयुक्त पाया है राकेश पठानिया सुभाष ठाकुर जेआरकटवाल और होशियार सिंह ने भी प्रस्ताव पर हुई चर्चा में भाग लिया शोकोदगार प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र की बैठक शुरू होते ही पहले दिन सदन ने तीन पूर्व विधायकों पंडित शिव लाल चौधरी विद्या सागर व शिव कुमार उपमन्यु सहित पूर्व केंद्रीय मंत्री सुषमा स्वराज दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर और जयपाल रैड्डी के निधन पर शोक व्यक्त किया सदन ने हाल ही में प्रदेश में भारी वर्षा से मारे गए लोगों के प्रति भी संवेदना व्यक्त करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की

विपक्ष के नेता मुकेश अग्रिहोत्री ने भी सभी नेताओं के निधन पर शोक व्यक्त किया स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री विपिन परमार विधायक राकेश सिंघा और सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने भी शोकाद्गार में भाग लेते हुए अपनी संवेदनाएं प्रकट की विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने सभी लोगों के निधन पर शोक व्यक्त किया तथा अपनी संवेदना जताई